राज्य के शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने बताया कि सी बी एस ई की बोर्ड परीक्षाओ को ध्यान में रखकर कक्षा दस और बारह की पढ़ाई कोविड दिशानिर्देशों के अन्सार गत सोलह नवंबर से चल रही है और सरकार ने विभिन्न पहल्ओ पर विचार विमर्श के बाद कक्षा आठ नौ और ग्यारह की पढ़ाई श्रु करने का निर्णय लिया है उन्होंने बताया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कोविड महामारी से प्रभावित पढ़ाई को ध्यान में रखकर आगामी चार मई से दस जून तक बोर्ड परीक्षा कराने की घोषणा की है और सिलेबस भी तीस प्रतिशत कम कर दिया है श्री तेदिर ने कहा कि प्रदेश के विद्यालयों में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का पाठ्यक्रम समय पर प्रा कर लिया जाएगा उन्होंने कहा कि स्क्लो में कक्षा एक से लेकर सात तक की पढ़ाई श्रु करने के बारे में बाद में निर्णय लिया जाएगा

औषध महानियंत्रक ने बताया कि दोनों टीकों के आपात उपयोग की विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के बाद केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने स्वीकृति प्रदान की पहली जनवरी को आपात स्थिति में कोविशिल्ड और सीमित इस्तेमाल के लिए कोवैक्सीन की सिफारिश की गई थी आज स्बह एक संवादादता संवेलन में भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफइंडिया वी जी सोमानी ने इस संबंध में घोषणा की

उन्होंने लोगो से जैविक संत्लन बनाए रखने के लिए गैरकानूनी तरीके से शिकार और मछली पकड़ने से बचने और नदियों में स्वच्छता बनाए रखने की अपील की उपम्ख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में उपलब्ध प्राकृतिक संपदाए देश विदेश के पर्यटको को आकर्षित करती है और इसे ध्यान में रखते प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के संरक्षण में योगदान करना होगा

बिपिन रावत ने सेना भारत तिब्बत सीमा पुलिस और वहां तैनात विशेष सीमांत बल के सिपाहियों से बातचीत की उन्होंने अरूणाचल प्रदेश में दिबांग घाटी और लोहित सेक्टर में सीमावर्ती चौकी का भी दौरा किया जनरल रावत ने प्रम्ख रक्षा अध्यक्ष के रूप में एक वर्ष प्रा कर लिया है प्रभावपूर्ण निगरानी बनाए रखने और परिचालन तत्परता बढ़ाने के लिए अपनाए गए अभिनव उपायों के लिए सैनिकों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी च्नौतीपूर्ण परिस्थितियों में केवल भारतीय सैनिक ही सतर्क रह सकते हैं और वे सीमाओं की स्रक्षा के लिए कर्तव्य की प्कार से परे जाने के लिए तैयार हैं

राज्य में कोविड रिकवरी दर बढ़कर निन्यानवें प्रतिशत से अधिक हो गई है राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अन्सार पिछले चौबीस घंटे में दर्ज किए गए कोरोना के नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र लेपारादा और वेस्ट कामेंग जिले से दो दो ईस्ट सियांग और लोंगडिंग जिले से एक एक मामले शामिल है